्न नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्द कटारिया ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा

् कृषि मंत्री लाल चन्द कटारिया ने जमीन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए जैविक खेती पर जोर दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल के विकास में भारत के पूरे समर्थन की प्रतिबद्वता दोहराई है उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा

श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर अभूतपूर्व रूप से नजदीक आए हैं और उनके बीच निरन्तर सम्पर्क बना हुआ है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में मोदी सरकार की पहल को विश्व ने स्वीकारा है तथा कई और देश भारत के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद का यह आखिरी दौर होगा

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केन्द्रीय मंत्री मौजूद थे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी तथा विभिन्न दलों के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री जेटली की सेवाओं को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की

आईआरएफ के पूर्व अध्यक्ष और यातायात बुनियादी ढाँचे पर फिक्की की राष्ट्रीय समिति के सहअध्यक्ष केके कपिला ने आज नई दिल्ली में कहा कि कानून लागू कराते समय यह संदेश जाना चाहिये कि जुर्माना व्यक्ति के फायदे के लिए किया जा रहा है किसी और मकसद से नहीं नये मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिये यातायात नियम तोड़ने वालों से एकत्रित जुर्माना राशि का इस्तेमाल केवल सड़क सुरक्षा के लिए ही होना चाहिये अन्य कामों के लिए नहीं उच्चतम न्यायालय ने अलग से जो सड़क सुरक्षा कोष बनाने के लिए कहा है यातायात उल्लंघन से मिली जुर्माने की राशि उसी मद में जानी चाहिये

इस दौरान उन्होंने कई सेवा निवृत्त सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया

आज जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान श्री कटारिया ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आपराधिक घटनाऐं पिच्यासी प्रतिशत बढ गई हैं उन्होंने कहा कि पुलिस का हर थाना रिश्वत खोरी के मामले में ट्रेप हो रहा है तथा बहरोड की घटना ने तो राज्य को शर्मसार कर दिया है उन्होंने कहा कि पुलिस के मुखिया को निकम्मे और लापरवाह पुलिसवालों पर सख्ती करनी चाहिए तथा पुलिस के काम में राजनैतिक दखलअंदाजी बन्द होनी चाहिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डा रघू शर्मा ने आमजन से अधिक से अधिक जुड़ाव रखने के लिए आज जयपुर में व्यक्तिगत वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किये डा शर्मा ने बताया कि गुड गवर्नेस के लिए लोगों के सुझाव और बेहतर कनेक्टिविटी जरूरी है कई बार समय के अभाव के कारण आमजन से उतने नहीं जुड़ पाते हैं जितना जरूरी है वेबसाइट और ऐप के जरिए लोगों से बेहतर काम करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे और उन पर अमल भी किया जाएगा उन्होंने कहा कि हम जितना लोगों के साथ विभाग के अधिकारियों के साथ जुड़े रहेंगे उतना ही लोकतंत्र की भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे उन्होंने कहा कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का है हर व्यक्ति अपने जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई जानकारी तुरंत और सटीक चाहता है ऐसे में यह ऐप और वेबसाइट आमजन से जुड़ाव के लिए बहुत कारगर साबित होगी

श्री मेघवाल आज सुजानगढ़ में जनसुनवाई कर रहे थे जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अपनी समस्याएं बताई जिसका श्री मेघवाल ने मौके पर ही समस्याओं से सम्बन्धित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए उन्होंने विकास अधिकारी से कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायत राज से जुड़ी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जाना सुनिश्चित करें उन्होंने सीवरेज प्रोजेक्ट एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि ये निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का खास ध्यान रखें सरकार की ओर से दिए जाने वाले एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए

इस बारे में विशिष्ठ शासन सचिव नरेश कुमार ठकराल द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है

श्री गहलोत ने कहा कि स्व कल्ला ने खादी और शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

श्री कटारिया ने कहा कि वर्तमान में खेती में रसायनों का प्रयोग अधिक होने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ रहा है इससे बचने के लिए सरकार जैविक खेती को बढावा दे रही है कृषि मंत्री ने कहा कि जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ाने के लिए जनजागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है

श्री कटारिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसान गोबर केंचुए और हरी खाद का प्रयोग करें और कीटनाशक के स्थान पर नीम आदि जैविक पदार्थों का छिड़काव करें

इस दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करबला में पैगम्बर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद किया जाता है इस अवसर पर आज प्रदेशभर में ताजिए निकाले जा रहे हैं और मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है

इनमें जयपुर के पूर्व राजपरिवार का ताजिया भी शामिल है ये सभी ताजिये विभिन्न मार्गो से होकर कर्बला पहुंच रहे हैं देर शाम को ताजियों को सुपुई ए खाक किया जायेगा इस मौके पर प्रशासन की ओर से यातायात सुरक्षा और शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं

इनमें उस्ताकला द्वारा निर्मित सोने की नक्काशी रुई सरसों मिट्टी लोहा और कांच के ताजिये विशेष आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं झालावाड़ सीकर जालोर बूंदी राजसमन्द चित्तौडगढ अजमेर बांसवाडा टोंक धौलपुर सिरोही चूरु और नागौर में भी आकर्षक ताजिये निकाले जा रहे हैं

केवल दो स्थानों से भारी वर्षा के समाचार हैं

अभी तक राज्य के चार जिलों में असामान्य सोलह में सामान्य से अधिक आठ में सामान्य तथा पांच जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है असामान्य वर्षा वाले कई जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है हमारे झालावाड संवाददाता ने बताया कि अधिक वर्षा के कारण कई फसलें बरबाद हो गई हैं

पिछले मानसून में एक जून से दस सितम्बर तक चार सौ नवासी दशमलव आठ एक मिलिमीटर वर्षा हुई थी इस बार प्रदेश के बांधों में भी पानी की अच्छी आवक हुई है